मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विपिन सिंह परमार को नया विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करेंगे इसके बाद विधिवत रूप से विपिन परमार को विधानसभा अध्यक्ष चूना जाएगा

बैठक में मंडी के थुनाग में रोजगार कार्यालय और सिरमौर के राजगढ़ में आईटीआई बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई बैठक में धर्मशाला में भवनों के खतरा बने पेड़ों को भी हटाने की मंजूरी दी गई है इसके अलावा आईपीएच के चार डिवीजन खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई

विरोध कुल्लु मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर डोलू नाला में टोल प्लाजा के विरोध में प्रभावित पंचायतों के लोगों ने कल धरना प्रदर्शन किया इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम भी किया गया जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा

इसके अलावा बागवानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उपस्थित अधिकारी ने कहा कि लोगों की मांगों से प्राधिकरण को अवगत करवा दिया गया है और उच्च अधिकारी ही इस मामले में कोई निर्णय लेंगे

अमर उजाला की सुर्खी है विधानसभा अध्यक्ष पद पर विपिन का अकेला नामांकन कांग्रेस से कोई प्रत्याशी नहीं दैनिक भास्कर के शब्द हैं आज होगी परमार की ताजपोशी परमार का स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा स्पीकर के लिए भरा नामांकन पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल की लगभग एक जैसी सुर्खी है हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद पर आज होगी विपिन परमार की ताजपोशी हिमाचल दस्तक के शब्द हैं विपिन परमार ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर भरा नामांकन

अमर उजाला के शब्द है थ्नाग में रोजगार कार्यालय और राजगढ़ में आईटीआई को मिली मंजूरी

दैनिक जागरण के शब्द हैं संसाधन जुटाने और बेरोजगारी खत्म करने पर जोर आपका फैसला ने मुकेश अग्निहोत्री के हवाले से खबर को शीर्षक दिया है राज्यपाल का अभिभाषण राजनीतिक दस्तावेज अमर उजाला की एक अन्य खबर है स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चौथी से नौंवीं कक्षा तक बदला पाठयक्रम

दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से खबर को सुर्खी दी है भारत माता की जय कहने वाले ही रहेंगे देश में जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मंत्रिमंडल विस्तार से बड़ा धमाका होगा फेरबदल में